उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आश्वासन दिया कि वह पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की लंबे अर्से से की जा रही मांग को पूरा कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे उपराष्ट्रपति पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने के बाद छात्रों को संबोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्रस्तकालय में उपलब्ध द्र्लभ पांड्लिपियां भावी पीढ़ियों के ज्ञानार्जन में मददगार होंगी

इस अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने कहा कि पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए वे अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का लम्बा इतिहास रहा है और यह सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है

उपराष्ट्रपति ने गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में भी भाग लिया इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारतीयता का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो भारतीय परंपरा से जुड़ी हो और सामाजिक समरसता को समृद्ध करती हो उन्होंने कहा कि शिक्षा में कौशल विकास को शामिल किया जाना चाहिए पटना हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना हाई स्कूल की गौरवशाली परंपरा रही है जिसे बचाए रखने की जरूरत है इस अवसर पर राज्यपाल फागु चौहान ने कहा कि समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष जोर देना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्दनीबाग हाई स्कूल में लड़कों के साथ अब लड़कियों की भी पढ़ाई किये जाने की घोषणा की उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदेश के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई होगी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में इस बार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी झारखंड के पार्टी प्रभारी सलखान मूर्यू ने पटना में बताया कि पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला हैं श्री मूर्म ने कहा कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी यह फैसला नहीं हुआ है इधर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आर सी पी सिंह ने कहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरह राज्य की अधिकांश सीटों पर विजय प्राप्त करेगा श्री सिंह आज शेखपुरा में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उत्तर बिहार के तेरह जिलों में आई बाढ़ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान हुआ है श्री कुमार ने समस्तीपुर जिले के हरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी मक्का और धान समेत अन्य फसलें बर्बाद हुई हैं उन्होंने बताया कि फसल क्षति का आकलन कर आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी रिपोर्ट भेज दी गयी है कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग से फसल क्षति राशि का भुगतान होते ही उसे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा मुजफ्फरपुर में एक कुरियर कम्पनी से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से चालीस हजार रुपये नकद और देशी पिस्तौल बरामद हुई है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान दो से ली गयी प्रथ्वी की पहली तस्वीरें जारी की हैं यह तस्वीरें प्रथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं इसरो ने बताया है कि चंद्रयान दो ने ये तस्वीरें अपने एल चौदह कैमरे से ली हैं चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए देश के दूसरे मिशन चंद्रयान दो को एक पखवाड़े पहले रवाना किया गया था प्रदेश में बाढ़ से बचाव के लिए रेल रोड और पुल के नजदीक नदियों की निगरानी की जाएगी जल संसाधन विभाग ने महत्वपूर्ण रेल और रोड ब्रिज के पास नदियों के जलस्तर और उसके बहाव पर नजर रखने की कार्ययोजना बनाई है इसके लिए विभिन्न नदियों के किनारे अठारह संवदेनशील स्थानों की पहचान की गयी है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि इसकी निगरानी से नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की तत्काल जानकारी उपलब्ध की जाएगी राज्य में बाढ़ और सूखाड़ की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में बाढ़ राहत शिविर सहायता राशि और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जानकारी दी गयी बैठक में प्रभारी मंत्रियों ने पार्टी के जिला अध्यक्षों सभी विधायकों और गणमान्य लोगों के सुझावों को सुना बैठक के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता राशि जल्द से जल्द देने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया वहीं बाढ़ के बाद सड़कों की मरम्मत से लेकर सामान्य जन जीवन को बहाल करने के लिए भी सभी जिलों के जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये उग्रवाद प्रभावित नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के पारा क्रहा गांव से पुलिस ने आज भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अपर पुलिस अधीक्षक कुमार आलोक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कुरहा गांव के एक घर में छापेमारी की छापेमारी में तैंतालीस इंसास राइफल का कारतूस उनासी डेटोनेटर चार आईईडी एक देशी पिस्तौल और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किये गये श्री आलोक ने बताया कि गया से टीम बुलाकर आईईडी को नष्ट कर दिया गया है उन्होंने बताया कि गिरफ्तार घर के मालिक से पूछताछ की जा रही है स्विटजरलैंड के नोटविल में आयोजित वर्ल्ड पैरालम्पिक ऐथेलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप मुकाबले में जमुई के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है पदक जीतने पर बिहार पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने शैलेश कुमार को बधाई दी है बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के तिलवारी गांव में मिट्टी की दीवार गिर जाने से चार बच्चों की दब कर मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये घायल बच्चों को इलाज के लिए धोरैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरहली गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो से प्रलिस ने दो तस्करों को तीन सौ उनतीस बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मोहल्ले में छापेमारी कर पैंतीस लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बाप्धाम मोतिहारी रेल पुलिस ने कपरपुरा स्टेशन से चार लोहा चोरों को गिरफ्तार किया है शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के लदौरा से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली मोतिहारी सीतामढ़ी शिवहर और मुजफ्फरपुर में घटित कई घटनाओं में शामिल था